तीन दिन का द्विवार्षिक समारोह कल ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरू हुआ

इसमें देश के तेल और गैस क्षेत्र में हाल ही में बाजार और निवेशकों के अनुकूल हुए बदलावों को प्रदर्शित किया जाएगा

इसमें प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ वैज्ञानिक योजनाकार नीति निर्माता प्रबंधन विशेषज्ञ उद्यमी सेवा प्रदाता और व्यापारी शामिल हैं सम्मेलन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है इसमें तेरह से अधिक देशों के मंडप और चालीस से अधिक देशों के लगभग सात सौ पचास प्रदर्शक भाग लेंगे

मुख्यमंत्री ने कल छिंदवाड़ा में मीडिया से चर्चा करते हुए ये बात कही उन्होंने यहां दो सौ बीस करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन मेड़ीकल कालेज का निरीक्षण किया और कहा कि ये कॉलेज विश्वस्तरीय होगा ताकि इस अंचल के लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े

श्री कमलनाथ ने यहां राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण भी किया राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं उनको शिक्षा के साथ संस्कारों और जीवन के नैतिक मूल्य का ज्ञान भी दिया जाना चाहिए श्रीमती पटेल ने कहा कि संस्कारित समाज के लिए सकारात्मक विचार उदार हृदय और चरित्रवान व्यक्तित्व आवश्यक है राज्यपाल कल सत्यसाई महिला महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव को संबोधित कर रही थीं इस अवसर पर जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद थे राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि भारत सिद्ध महापुरूषों और ऋषियों मुनियों की धरती है उन्होंने छात्राओं से कहा कि प्रकृति को आप जितना देंगे उसका दोगुना प्रकृति आपको देगी जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस प्रयास कर रही है महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है

अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में अंशकालिक संवाददाता के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

शासन ने पन्ना एसपी सहित तीन रेंज चंबल खरगोन व रतलाम ग्वालियर व रीवा के जोनल आईजी को भी बदल दिया है

राजीव टंडन को नई पदस्थापना सीआईडी में दी गई है डी श्रीनिवास राव को राज्य शासन ने पीएचक्यू प्रबंध शाखा में पदस्थ कर दिया है ग्वालियर आईजी अंशुमान यादव को पीएचक्यू में पदस्थ किया गया अरुणा मोहन राव को एडीजी निजी सुरक्षा एजेंसी सायबर क्राइम के साथ एडीजी रेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है यातायात प्रदेश के वन मंत्री और ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री उमंग सिंघार ने कहा है कि यातायात नियमों का पालन करना हम सबका नैतिक दायित्व है स्वयं के जीवन की रक्षा के लिये भी यातायात नियमों का पालन जरूरी है वन मंत्री श्री सिंघार ने कल ग्वालियर के फूलबाग में तीसवे राष्ट्रीय यातायात सप्ताह के समापन अवसर पर यह बात कही प्रभारी मंत्री ने इस मौके पर यातायात सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के विजेताओं और उपविजेताओं को पुरूस्कार वितरित किये किये किये

भोपाल स्थित उस्ताद अल्लाउद्दीन खां अकादमी एवं आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी और भारत भवन के सहयोग से वसंत पर्व का आयोजन किया गया जिसमें शास्त्रीय और लोक कला रूपो को खूबसूरती के साथ संयोजित कर प्रस्तुत किया गया भारत भवन में तुलसी सम्मान प्राप्त कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में करमा नृत्य तथा डलिया दत्ता के मार्ग दर्शन में ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया गया उमरिया जिले के नौरोजाबाद स्थित हजरत मिंया सरकार की दरगाह पर बसंतपंचमी के अवसर पर जश्ने ए बसंत बहार का आयोजन किया गया इस कार्यकम में प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या मे हिंदू और मुस्लिम भाई सम्मलित होते है यह आयोजन हजरत निजामुद्दीन औलिया व हजरत अमीर खुसरो की याद मे मनाया जाता है रेल रदद अनूपपुर रेलखण्ड मार्ग पर लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते शहडोल के रास्ते जाने वाली कई ट्रेनों को चार मार्च तक के लिए रदद कर दिया गया है हमारे संवाददाता ने रेल प्रशासन के हवाले से बताया है कि इस अवधि में बिलासपुर भोपाल के रास्ते जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस लखनऊ गरीबरथ संपर्ककान्ति एक्सप्रेस हमसफर एक्सप्रेसदुर्ग जम्मूतवी सहित कई लोकल ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी

राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्से में शीतलहर के चलते तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है भोपाल में रात का न्यूनतम तापमान पांच दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से पांच डिग्री कम है मौसम विभाग ने उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं और कहीं कहीं ओलों के गिरने से ठण्ड बढ़ी है भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर सागर रीवा और शहडोल संभाग में दो तीन दिन मौसम ऐसा ही बना रहने और शीतलहर चलने की संभावना जताई है

ऊमरी थाना पुलिस ने दो जेसीबी मशीनों को जब्त किया है

प्रतियोगिता में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम चौंपियन रही